केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड़डा ने कहा है कि केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में ढांचागत सुधारों की गति बढ़ाई कृषि स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में मिली बड़ी सफलता दो जुलाई से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र रायपुर के केन्द्री अभनपुर राजिम और धमतरी तक अब बड़ी रेलपात बिछाई जाएगी रेल मंत्रालय ने दी परियोजना को मंजूरी राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि राज्यपाल विकास योजनाओं के लाभ से वंचित लोगों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं श्री कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के उनचासवे सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश में अनुसूचित जनजातियों के लगभग दस करोड़ लोग हैं श्री कोविंद ने कहा कि राज्यपाल राज्य सरकारों के संरक्षक और पथ प्रदर्शक होते हैं और वे संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र की भूमिका निभाते हैं

उन्होंने कहा कि सुधार के इन प्रयासों से न केवल समूचे देश में एक सकारात्मक बदलाव आया है बल्कि समाज के सभी वर्गो के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित हुआ है राजधानी रायपुर में एक पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की जन धन योजना जन सुरक्षा योजना और आयुष्मान भारत सहित अनेक योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि इन सभी योजनाओं से खासतौर पर गरीबों को सीधे लाभ पहुंचा है

साथ ही किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किसान मंडी बनाई गई है

उन्होंने कहा कि खासतौर पर प्रधानमंत्री जन धन योजना के जरिये लगभग उन्नीस करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है

आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम केरल में स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर निपाह वायरस के फैलाव को रोकने में मदद कर रही है

यह मानसून सत्र दो जुलाई से शुरू होकर छह जुलाई तक चलेगा इस दौरान पांच बैठकें होंगी जिसमें अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाएंगे गौरतलब है कि चतुर्थ विधानसभा का यह अंतिम सत्र होगा मुख्यमंत्री विकास यात्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेशव्यापी विकास यात्रा के तहत कल से सात जून तक आठ जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री इस दौरान राजनांदगांव बालोद कांकेर धमतरी गरियाबंद रायगढ़ दुर्ग और बेमेतरा के विभिन्न इलाकों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे और आमसभा को संबोधित करेंगे

इसके लिए रेल मंत्रालय ने गेज लाइन परिवर्तन की परियोजना को मंजूरी दे दी है यह परियोजना सड़सठ दशमलव दो किलोमीटर की होगी जिसके लिए रेल मंत्रालय ने पांच सौ चवालीस करोड़ रूपये मंजूर किए हैं सीबीएसई नीट सीबीएसई ने एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट दो हजार अट्ठारह के परिणाम घोषित कर दिए हैं छह मई को हुई इस परीक्षा में तेरह लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था संकल्प शिविर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संकल्प शिविर आज कोरिया जिले में आयोजित किया गया दो दिवसीय इस शिविर के तहत आज भरतपुर सोनहत विधानसभा के केल्हारी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहेगा इस कार्यक्रम में ब्रथ स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया संकल्प शिविर कल मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के खड़गवां और बैकुंठपुर विधानसभा में आयोजित किया जाएगा

इस अवसर पर राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने जनता से अपील की है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्लास्टिक का उपयोग बंद करें वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर जारी शुभकामना संदेश में सभी लोगों से पर्यावरण को बचाने के लिए अपने अपने स्तर पर हरसंभव प्रयास करने की अपील की है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलमंडल द्वारा कल सुबह प्रभातफेरी निकाली जाएगी इस मौके पर डीआरएम कार्यालय में वृक्षारोपण किया जाएगा इसके अलावा नुक्कड़ नाटक और सेमीनार का आयोजन भी किया जाएगा अमर अग्रवाल प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा है कि नई आबकारी नीति से अवैध शराब की बिक्री और कोचियों पर अंकुश लगा है राजधानी रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हए उन्होंने कहा कि शराब की बिक्री में पारदर्शिता लाने के लिए और भी कई उपाए किए जा रहे हैं श्री अग्रवाल ने कहा कि आने वाले समय में शराब बिक्री की व्यवस्था को और अधिक कारंगर बनाया जाएगा ताकि इस पर बेहतर नियंत्रण हो सके नगर निगम सम्मान दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बेहतर कार्य करने पर बिलासपुर नगर पालिक निगम को सम्मानित किया गया है यह सम्मान राजधानी रायपुर में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिया गया जिसे बिलासपुर के नगर निगम आयुक्त सौमिल रंजन चौबे ने ग्रहण किया

द्र्ग जिले के भिलाई में स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र में आज से ब्लड बैंक ने काम करना फिर शुरू कर दिया है कोंडागांव जिले के केशकाल में आज पुलिस ने एक सौ दस किलो गांजा बरामद किया है